मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा संसद में पारित कृषि विधेयकों से किसानों की दशा और दिशा में आएंगे क्रांतिकारी बदलाव

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग संयुक्त संचिव निधिमणि त्रिपाठी ने नैनीताल जिले में कोविड टेस्ट को बढ़ाने के दिये निर्देश

अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य सेवा से शिक्षा प्रदान करना है राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्मानित हो च्के उत्तराखंड के प्रखर सिंह पाल का कहना है कि इन प्रस्कारों से स्वयंसेवियों को प्रेरणा मिलती है

आपको बता दें कि य्वा कार्यक्रम विभाग हर साल स्वयंसेवकों के समाज सेवा के अभूतपूर्व कार्यों को मान्यता देने और प्रस्कृत करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना प्रस्कार प्रदान करता है

इसका उद्देश्य समाज में स्वयंसेवा के जरिए युवा छात्रो का व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण करना है सीएम कृषि विधेयक मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि संसद में सरकार द्वारा पारित कराए गए कृषि विधेयकों से किसानों की दशा और दिशा में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे देहरादून में आयोजित प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विधेयकों में ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे किसान ख्द अपनी उपज को अच्छी कीमतों पर मंडी में या मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकेगा इसमें बिचैलियों की भूमिका खत्म कर दी गई हैं मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब तक जो मूनाफा बिचौलिये कमाते थे वो पैसा अब सीधा किसान की जेब में जाएगा इन कृषि विधेयकों से एक राष्ट्र एक बाजार की संकल्पना को मजबूती मिलेगी और किसान अब सीधे बाजार से ज्ड़ सकेंगे म्ख्यमंत्री ने कहा कि क्छ लोग किसानों को उकसाने का काम कर रहे हैं उनसे झूठ बोला जा रहा है उन्होंने किसानों से खुद इन कृषि सुधारों को समझने का आग्रह किया

इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए किये जा रहे कार्यो के संबंध में सचिव पेयजल नितेश क्मार झा ने सभी जिलाधिकारियों से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जानकारी ली सचिव पेयजल ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि उन्हें जो लक्ष्य दिया गया हैं उसके तहत कार्य करते हुए सभी घरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना स्निश्चित करे सचिव पेयजल ने कहा कि योजनाओं की डीपीआर तत्काल तैयार करते हुए शासन को प्रेषित की जाए और टेंडर प्रक्रिया को पूरा किया जाए उन्होंने योजनाबद्व ढंग और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते ह्ए कुशल नेतृत्व क्षमता के साथ इस योजना को धरातल पर उतारने के निर्देश दिये

इस दौरान जिले में वापस लौटे प्रवासियों को अपनी रूचि के अनुसार खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए उन्होंने कहा कि उद्यमिता विकास प्रशिक्षण के दौरान भी वे स्वरोजगार से जुड़ी कई अहम जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे जिसके बाद वह आसानी से अपना व्यवसाय का चयन कर सकते हैं

प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहंच चुकी है बताया जा रहा है कि इसी गांव में एक बाहर से आये प्रवासी व्यक्ति की तबियत खराब होने पर उसे हल्द्वानी रेफर किया गया था जांच में वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उपचार के दौरान उसकी मृत्य् हो गई थी

काभड़ी गांव के ग्राम प्रधान की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अन्सार काभड़ी गांव और उसकी सीमा से लगे मेल दन्या आरा सलपड टकोली गांवों को अग्रिम आदेशों तक माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है सभी संक्रमितों को होम आइसोलेट किया गया है

उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों को उपचार देने के साथ ही उनके स्वास्थ्य पर भी नज़र रखी जाए उन्होंने फैक्टरी कम्पनियों ऑफिसों के कर्मचारियों की शत प्रतिशत सैम्पलिंग करने और उनको कोविड के बारे में जागरूक करने पर जोर दिया उन्होंने सैम्पलिंग बढ़ाने के साथ ही चिकित्सालयों की क्षमता भी बढ़ाने का सुझाव भी दिया इस दौरान जिलाधिकारी सविन बंसल ने जानकारी दी कि जिले में कोविड चिकित्सालय के साथ ही पचास कोविड केयर सेंटर बनाये गये हैं उन्होंने बताया कि डॉ स्शीला तिवारी चिकित्सालय को डेडीकेटेड कोरोना चिकित्सालय बनाया गया है जिसमें गंभीर कोरोना मरीजों को भर्ती कर उपचार किया जा रहा है

जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में होम आईसोलेशन के साथ ही प्लाज़्मा थैरेपी भी की जा रही है

मोबाइल बैंक केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया म्हिम को बढ़ावा देने के लिए बैंक मोबाइल ऐप के जरिए अपने ग्राहकों को घर बैठे ही सभी प्रकार के बैंक संबंधी लेनदेन की सुविधा दे रहे हैं हरिद्वार के पंजाब नेशनल बैंक के मंडल प्रम्ख सुनील कुमार सख्जा ने बताया कि बैंक के ऐप के जरिए ग्राहक घर अपने प्रतिष्ठान या कहीं से भी मोबाइल बैंकिंग का लाभ उठा सकते हैं भारतीय स्टेट बैंक ने भी योनो ऐप के जरिए ग्राहकों को घर बैठे बैंक संबंधी लेनदेन करने की सुविधा दी है इसमें भी बैंक से संबंधी सभी लेनदेन के अलावा घर बैठे ऋण के लिए आवेदन किया जा सकता है एसबीआई की सहायक महाप्रबंधक रूबी मिश्रा का कहना है योनो ऐप पूरी तरह स्रक्षित है